बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

राजधानी पटना सहित प्रदेशभर में प्रमुख नदियों गंगा कोसी गंडक बागमती सोन के किनारे बने घाटों विभिन्न तालाबों जलाशयों और अस्थायी घाटों पर श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया बड़ी संख्या में लोगों ने कोविड उन्नीस को देखते हुए सार्वजनिक छठ घाटों की बजाय अपने घरों पर ही अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया छठ को लेकर पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय बना हुआ है हर तरफ छठ गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा है कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय छठ महा व्रत संपन्न होगा इसके बाद व्रती पारण कर प्रसाद ग्रहण करेंगे विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि व्रती अपने परिवार के सदस्यों के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न घाटों पर एकत्र हुये हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया कि जिले के देव में भगवान भास्कर को डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर सूर्य देव की पूजा करने और प्रकृति मां के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने की परम्परा रही है प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि लोग प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प ले और कोविड उन्नीस महामारी के फैलाव को ध्यान में रखते हुए छठ पर्व मनाये श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में आशा व्यक्त की कि छठी मइया सभी को सूर्य देव की प्रसन्नता समृद्धि और जीवन शक्ति प्रदान करेंगी प्रधानमंत्री ने छठ पर अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस बारे में अपने विचार साझा किए थे राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ महापर्व पर राज्य और देश की जनता को शुभकामनाएं दी है श्री चौहान ने कहा कि भगवान सूर्य की पूजा अर्चना और लोक आस्था से जुड़े छठ पर्व से हमें साधना तप त्याग सदाचार मन की पवित्रता तथा सर्वत्र स्वच्छता और निर्मलता बनाये रखने की प्रेरणा मिलती है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि लोक आस्था का यह महापर्व आत्मानुशासन का पर्व है जिसमें लोग आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से अस्ताचलगामी और उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के चार सौ पंचानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक एक सौ तिरासी नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है वहीं बेगूसराय में बाईस मुजफ्फरपुर में इक्कीस भागलपुर में उन्नीस पूर्णिया अब्ठारह सहरसा सोलह समस्तीपुर और सारण में पन्द्रह पन्द्रह नये मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर संतानवे दशमलव शून्य चार प्रतिशत हो गयी है अब तक लगभग दो लाख तेईस हजार एक सौ तिरेपन मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि वर्तमान में प्रदेश में पांच हजार छह सौ तीन सक्रिय कोविड मरीज हैं पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सी पी ठाकुर कोरोना संक्रमित हो गये हैं उन्होंने ट्वीटर पर इसकी जानकारी दी है प्रदेश में आज कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई इसके बावजूद छठ व्रतियों और श्रद्वालुओं ने घरों में और घाटों पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया अगले चौबीस घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने के आसार हैं मौसम वैज्ञानिक चंदन कुमार ने बताया कि उत्तर बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में ठंड में बढ़ोतरी के आसार हैं

ये आठों सदस्य स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में निर्वाचित घोषित किये गये हैं